प्रदेश के उत्तर और पूर्वी भाग के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला

नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य की आठ प्रमुख नदियां उफान पर हैं जिससे नौ जिलों के लगभग अठारह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गयी है उत्तर बिहार के कोसी और बागमती समेत सभी प्रमुख नदियों में आए उफान के कारण दरभंगा मध्रबनी शिवहर सीतामढ़ी अररिया पूर्वी चंपारण किशनगंज सुपौल और मुजफ्फरपुर जिले के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वीरपुर के पास कोसी और बाल्मिकी बराज से चार लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित नौ जिलों के तीन सौ बावन पंचायत के लगभग अठारह लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं जिनके लिए एक सौ बावन राहत शिविर बनाये गये हैं उधर केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंडक ब्रढ़ी गंडक बागमती कमला बलान कोसी महानंदा और परमान नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है ड्मरिया घाट में गंडक नदी लाल निशान से अठाईस सेंटीमीटर ललबगिया घाट में बूढ़ी गंडक बयासी ढेंग ब्रिज में बागमती दो सौ छियासी रुन्नीसैदपुर में तीन सौ सात और बेनीबाद में बाईस सेंटीमीटर ऊपर है वहीं सोनबरसा में अधवारा समूह का जलस्तर लाल निशान से पन्द्रह सेंटीमीटर ऊपर है इधर जयनगर में कमला बलान एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर कोसी नदी बसुआ में सोलह सेंटीमीटर बलतारा में उनचास सेंटीमीटर तैयबपूर में महानंदा नदी पैंसठ सेंटीमीटर ढेंगराघाट में एक सौ छियालीस झावा में अट्ठासी सेंटीमीटर जबकि अररिया में परमान नदी लाल निशान से सौ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कई स्थानों पर इन नदियों के जलस्तर में अगले चौबीस घंटे के दौरान वृद्धि होने की संभावना है मधुबनी जिले में कमला बलान नदी का तटबंध सात स्थानों पर टूट गया है वहीं दरभंगा में इसी नदी का तटबंध चार स्थानों पर ध्वस्त हो गया है वहीं पूर्वी चम्पारण जिले में तिलावे नदी का तटबंध फुलवार और रहोनिया गांव के बीच टूट गया जबकि सीतामढ़ी के पुपरी में मराहा नदी का बीररवा तटबंध टूट जाने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घ्रस गया है आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों अररिया किशनगंज सुपौल मधुबनी पूर्वी चम्पारण शिवहर और सीतामढ़ी में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जो चौबीस घंटे कार्य कर रहा है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की चौदह टीमों को लगाया गया है जबकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही पांच अतिरिक्त टीमें आज प्रभावित इलाकों में भेजी जायेगी मुजफ्फरपुर संवाददाता के अनुसार जिले के तीन प्रखंड औराई कटरा और गायघाट बाढ़ से काफी प्रभावित है जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि राहत और बचाव कार्य चलाये जा रहे हैं वहीं हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि जिले में लगभग पचास हजार से अधिक परिवार बाढ़ की चपेट में आ गये हैं जिलाधिकारी त्यागराजन ने कहा है कि अभी छह प्रखंड प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि अठाईस विद्यालयों में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है उधर बाढ़ से अररिया में दो शिवहर और किशनगंज जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी है बाढ़ के कारण लगभग छत्तीस स्थानों पर सड़कों पर पानी बह रहा है जिसके कारण आवागम को बंद कर दिया गया है पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार शिवहर सीतामढ़ी अठाईस बी बेतिया बगहा तीन सौ सत्ताईस ई गलगलिया अररिया और पांच सौ सत्ताईस ए मध्रबनी सहरसा सड़क पर पानी बह रहा है श्री मीणा ने कहा कि इन सड़कों पर वाहनों का परिचालन नियंत्रित गति से कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में अभियंताओं की तैनाती कर दी गयी है और पानी हटते ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मद करा दी जायेगी उधर पूर्व मध्य रेलवे के सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि समस्तीपूर रेल मंडल के बैरगनिया कुंदवा चैनपुर खंड पर बाढ़ का पानी जमा है जिसके कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अस्थीय रूप से रोक दिया गया है जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया है राज्य में आठ दिनों के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है जिससे राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश थम गई मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में कुछ जगहों पर बारिश हुई है विभाग के अनुसार कल किशनगंज में उन्नीस मिलीमीटर ठाकुरगंज में सोलह समस्तीपुर के पूसा में तेरह अररिया में नौ रेवाघाट और बिहपुर में सात सात मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि किशनगंज सुपौल पूर्णियां अररिया कटिहार भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होगी वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे गंगा के तटीय क्षेत्र में कुछ जगहों पर गरज के साथ छीटें पड़ने की भी संभावना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के चन्द्र अभियान चन्द्रयान टू का प्रक्षेपण तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्थगित कर दिया है इसे जीएसएलवी मार्क थ्री के जरिए छोड़ा जाना था मिशन नियंत्रण केन्द्र की घोषणा के बाद इसके प्रक्षेपण के निर्धारित समय तड़के दो बजकर इक्यावन मिनट से छप्पन मिनट चौबीस सेकंड पहले उल्टी गिनती को रोक दिया गया इसरो के जनसंपर्क मामलों के सहायक निदेशक बी आर ग्रूप्रसाद ने मीडिया को बताया कि प्रक्षेपण की संशोधित नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी स्किल इंडिया कार्यक्रम की आज चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को स्क्लि इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है जो दो हजार पन्द्रह में आज ही के दिन शुरु किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा दो हजार बीस के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तिथि बढ़ा दी है अब छात्र बीस जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा होने पर छात्रों की सहायता के लिए हेल्प लाईन नम्बर जारी किया गया है छात्र शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य तीन नौ या दो दो तीन पांच एक छह एक पर सम्पर्क कर सकते हैं गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के गौराडाबर गांव से सीआरपीएफ ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है आईआईटी पटना को पहला पेटेंट हासिल हुआ है यह पेटेंट शून्य गुरूत्वाकर्षण पर पानी को उबालने के लिए मिला है पटना जिले के गया मसौढ़ी मोड़ के पास सीमेंट के बोरियों के बीच छिपाकर रखी गयी पांच सौ इक्यावन कार्टन शराब को पुलिस ने बरामद किया है पटना में सम्पन्न छियासठवीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब रेलवे ने जीत लिया है फाईनल मुकाबले में रेलवे ने हरियाणा को अड़तालीस तेईस से पराजित कर दिया है प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद बिहार की टीम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा बिहार राज्य सबजूनियर अंडर थर्टीन और अंडर फिफटीन बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से भागलपुर में शुरू होगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने इग्लैंड में समाप्त हुये विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रोमांचक फाइनल मे इग्लैंड बादशाह दैनिक जागरण की बड़ी खबर है मधुबनी में सात और दरभंगा में चार जगह टूटे तटबंध तेईस डूबे दैनिक भास्कर लिखता है कार में खुदकुशी युवक ने प्रेमिका से फोन पर बात करते करते अपनी कनपट्टी में मार ली गोली प्रभात खबर ने चन्द्रयान दो के प्रक्षेपण पर शीर्षक दिया है चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो अखबार आज की बड़ी खबर है बीएल संतोष बने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के उत्तर और पूर्वी भाग के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला